बिलासपुर के केंद्रीय जेल में एक कैदी और आठ जेलकर्मी कोरोना पॉजीटिव पाए गए वहीं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कैंसर विभाग को सील किया गया मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल में नवीनीकरण कार्यों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम र्स लोकार्पण और भूमिपूजन किया लोक गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मोक्षदा चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई

रायपुर कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है यहां अट्ठाईस जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उचित मूल्य की दुकाने चार घंटे के लिए खुर्लेगी फल और सब्जी की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खोली जाएंगी घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं को सुबह छह बजे से साढ़े नौ बजे तक और शाम पांच बजे से साढ़े छह बजे तक छूट दी जाएगी वहीं समाचार पत्र देने वाले हॉकर सुबह छह बजे से साढ़े नौ बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जबकि पेट्रोल पम्प और एलपीजी गैस वितरण का कार्य सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही किया जा सर्कगा लेकिन लॉकडाउन के दौरान किराना और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी रायपूर जिले में समी अतिआवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोडकर अन्य किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी जिला कलेक्टर का यह आदेश आज रात से ही लागू माना जाएगा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी बसें टैक्सी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा और रिक्शा का परिचालन भी बंद रहेगा रायपुर और बिरगांव नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है इस दौरान धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे

इस दौरान राशन दुकान और फल सेब्जी की दुकानें सुबह छह से दस बजे के बीच खुली रहेंगी इधर दूर्ग जिले के नगरीय निकाय और ग्रामीण इलाकों के चिन्हांकित क्षेत्रों में बाईस जुलाई की रात से उनतीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा इस दौरान कलेक्टर कार्यालय और अन्य शासकीय कार्यालय केवल आपात स्थिति में ही खोले जाएंगे मेडिकल द्वकानें भी केवल शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी जबकि सब्जी अण्डा मांस मछली और दूध की बिक्री सुबह सात से दोपहर बारह बजे तक की जा सकेगी जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा उधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी में परसों तेईस से इकतीस जुलाई तक तथा राजनांदगांव जिले में चौबीस से उनतीस जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी चौबीस से तीस जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है वहीं बलरामपुर जिले में हफ्ते में छह दिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे लेकिन इन संस्थानों में सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर सभी व्यावसायिक संस्थानों को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोले जाने की अनुमति दी है वहीं हर शनिवार को जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक धारा एक सौ चवालीस लागू रहेगी मंत्रालय आदेश इस बीच नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है इसके अनुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन भी कल बाईस जुलाई से अट्ठाईस जुलाई तक नहीं किया जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्षों को जारी किया है यह निर्देश नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा आदेश में यह निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के सभी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे इसके लिए वे हर वक्त मोबाइल टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे जरूरत होने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा साथ ही जरूरी डाक के लाने ले जाने और संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं

मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहा एक कैदी कोरोना संक्रमित मिला है इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सेंट्रल जेल पहुंची और जेल में तैनात क्ल बाईस अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी किट से जांच की गई जिनमें से आठ जेलकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए अब इन लोगों का आरटी पीसीआर टेस्ट किया जाएगा फिलहाल संक्रमित कैदी के संपर्क में आए अन्य कैदियों और जेलकर्मियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है इधर रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में एक चिकित्सक के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर कैंसर विमाग को सील कर दिया गया है साथ ही इस विभाग में इलाज के लिए भर्ती चालीस मरीज और छह स्टाफ नर्स को क्वारेंटाइन कर दिया गया है इन लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है इस बीच खबर मिली है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भाग गया है यह मरीज जगदलपुर का रहने वाला है और नवा रायपुर में रसोईया का काम करता था उधर दंतेवाड़ा जिले में सत्ताईस नये मरीज मिले हैं इनमें से दो मरीज ऐसेहैं जो क्वारेंटाइन नहीं थे

इनमें पांच सीआरपीएफ और एक सीएएफ का जवान शामिल हैं इधर दर्ग जिले के पाटन में बीती देर रात कोरोना संक्रमण के नौ मरीज मिले हैं इनमें बीएसएफ का एक जवान और एक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भी शामिल है वहीं महासमुंद में एक ब्जुर्ग और एक युवती सहित कोरोना संक्रमण के तीन नये मामले सामने आए हैं राज्य में बीते चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमित एक सौ तिहत्तर मरीज मिले हैं वहीं कोरोना के कारण चार लोगों की मौत भी हो गई है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार के प्रयासों से बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर होंगी कि लोग इलाज कराने यहां आएंगे उन्होंने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टरों की कमी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महारानी अस्पताल में एक करोड़ रूपए की लागत से मातृ शिष्ट्य स्वास्थ्य संस्थान कादम्बिनी में कराए गए उन्नयन कार्य और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लोकार्पण किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये श्री बघेल ने बस्तर के विकास के लिए लगभग दौ सौ चवालीस करोड़ रूपए के लागत के इकसठ कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर कॉफी बस्तर काजू और बस्तर हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में लघ् वनोपजों के वैल्यू एंडिशन का अच्छा कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केन्द्र के फिर से शुरू होने से इस कार्य में जुड़ी महिलाओं को फायदा होगा मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बस्तर के इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि मांग के अनुसार ही उत्पादन हो मुख्यमंत्री ने नदी के किनारे फलदार पीधे लगाने का आव्हान किया ताकि ग्रामीणों को आर्थिक रूप से लाभ हो

राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने श्रीमती चंद्राकर की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है राज्यपाल ने श्रीमती चंद्राकर को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा

राजधानी रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने डॉक्टर नायक को महिला आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा इस मौके पर डॉक्टर नायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मामलों के त्वरित निराकरण की होगी उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों की सूची बनाकर समीक्षा की जाएगी डॉक्टर नायक ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की प्रताड़ना से पीड़ित महिलाएं आयोग में आकर शिकायत कर सकती हैं ये यह कोशिश करेंगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को न्याय दिला सकें वहीं आज रायपुर विकास प्राधिकरण के नये अध्यक्ष सुभाष ध्यपड़ ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्राधिकरण को फिर से लाभ में लाएंगे इस बीच रोज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के चारों सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग और संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है

उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के गुलाला घाट पर किया गया

लालजी टंडन को पिछले महीने की तेरह तारीख को बुखार और यूरीनरी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था छत्तीसगढ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने श्री टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने श्री टंडन के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई हैं वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री टंडन ने जनसंघ की स्थापना से लेकर वर्तमान राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी हादसा बेमेतरा जिले के अमोराघाट में बने एनीकट में नहाने गए चार युवक आज शिवनाथ नदी में बह गए इनमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक लापता है गोतांखोर इस युवक की तलाश में जुटे हुए हैं वहीं दो युवक किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आए पुलिस के अनुसार ये चारों युवक दोस्त हैं और नदी में नहाने गए हुए थे इसी दौरान पैर फिसल जाने से एक युवक डुबने लगा उसे बचाने के लिए अन्य युवकों ने भी नदी में छलांग लगा दी जिससे यह हादसा हुआ इससे पहले कल कोंडागांव जिले के बांस गांव में तालाब में डूबने से दो बच्चों और मां की मौत हो गई वहीं राजनादगांव के पद्मतरा के पास बीती रात मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होंकर फिसल जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचियों को इस संबंध में पत्र लिखा है डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि इस तरह के एन नाइंटी फाइव मास्क का प्रयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों में बाधक है क्योंकि यह वायरस को बाहर नहीं निकलने देता इसे देखते हए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चेहरे और मुंह ढंकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वॉल्व युक्त एन नाइंटी फाइव मास्क के उपयोग को रोकने का निर्देश दें उन्होंने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चेहरे और मुंह के लिए घर में बने सुरक्षा कवर के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर दी गई सलाह का उल्लेख भी किया अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह के लिए घर के बने सुरक्षा कवच के उपयोग पर एक सलाह जारी की थी मौसम प्रदेश के उत्तरी भाग में आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक गंगानगर दिल्ली हरदोई और गोरखपुर होती हई पूर्वी छोर हिमालय की तराई में एक मानसून द्रोणिका सक्रिय है वर्ही एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका उत्तरी कर्नाटक से अंदरूनी तमिलनाडु तक दक्षिण कर्नाटक होती हुई गुजर रही है इसके असर से कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटें पडने की संभावना है इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है संक्षिप्त समाचार भारत चीन सीमा पर पिछले दिनों शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में हरेली पर्व के मौके पर कल राजनांदगांव के मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण किया गया रायगढ़ के जामगांव स्थित एक निजी उद्योग के प्रबंधक एचआर सुरक्षा और डायरेक्टर सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है यह कार्रवाई करीब एक सप्ताह पहले संयंत्र में बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत होने के मामले में की गई है बिलासपुर जिला प्रशासन की टीम ने प्रतिबंध के बावजूद कोटा स्थित करगी रोड से रेत का अवैध रूप से परिवहन और उत्खनन के मामले में कार्रवाई कर एक जेसीबी और पांच ट्रैक्टर को जब्त किया है राजनांदगांव के रेवाडीह स्थित थ्री स्टार होटल में पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे तेरह आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब साढ़े छह लाख रूपये की नगद राशि बरामद की गई है प्रलिस को यह सूचना मिली थी कि होटल में कुछ बड़े कारोबारी जुआ खेल रहे हैं जिसके बाद यह कार्रवाई की गई